मुख्य न्यायाधीश एसकेसेठ सहित पांच सदस्यीय पीठ ने फैसले में कहा कि संशोधित नियम में जिला कलेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गयी है उसके खिलाफ अपील और रिवीजन का प्रावधान है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि जिला कलेक्टर को असीमित अधिकार प्रदान किये गये है इस आदेश के साथ पीठ ने तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है

इस कार्यक्रम के तहत इंदौर में भी माणिक बाग रोड पर हर तबके के लोग प्रधानमंत्री से रूबरू होगें मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उददेश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कडी में उमरिया में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में मशाल जुलुस निकाला गया जिसमें बडी संख्या में लोगों ने शामिल होकर सहभागिता की वहीं शिवपूरी जिले में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका महिला स्व सहायता समूह द्वारा कल एक रैली निकालकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित किया इस दौरान समृह की महिलाओं ने गीतों के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की टीकमगढ जिले में मतदाता जागरूकता के तहत गांव गांव में ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिये अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कम में जतारा विकासखड अंतर्गत ग्राम मरगुवां तथा महेबा चक़ में लोगों को आज ईवीएम तथा वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी जा रही है सतना जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूकता रैली निकालने के साथ ही रंगोली के माध्यम से और शपथ दिलाकर मतदान की अपील की जा रही है रतलाम में आज अर्थ आवर दिवस और शत प्रतिशत मतदान के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है वहीं छतरपुर जिले में भी स्वीप गतिविधियों के तहत कल महिलाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया मंडला में आज दोपहर स्वीप आनंद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों और गीत गायन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा विदिशा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लोगों को मतदान की शपथ दिलायी

लोकसभा चुनाव के लिये मतदान और मत गणना के दिन उपार्जन बंद किये जाने का निर्णय अलग से प्रसारित किया जाएगा किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा इस बारे में कल सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये

छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सत्र के पहले दिन बालसभा के आयोजन के साथ ही आनंदमय वातावरण में बच्चों को सिखाया जाएगा इस दौरान शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिये अभिभावको को बच्चों के परीक्षा परिणाम से भी अवगत कराया जाएगा ईवीएम प्रदेश में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगा होना अनिवार्य होगा ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके

संक्षिप्त समाचार रायसेन जिले में बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पर एक ट्रेक्टर ट्राली के पिक अप वाहन में टक्कर मारने से छह लोग घायल हो गये इनमे से तीन गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिये भोपाल भेजा गया है